स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा विभाग में तय मानकों के अनुसार हुई पल्स ऑक्सीमीटर की खरीद शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा छोटी कक्षाओं को शुरू करने में अभी लगेगा समय

सैजल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में पल्स ऑक्सीमीटर की खरीद तय मानकों के अनुसार की गई है

उन्होंने इस मुददे पर कांग्रेस नेता व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर तथ्यहीन बयानबाजी करने का अरोप लगाया स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रिपन अस्पताल शिमला में महिला कोरोना रोगी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में जिन भी लोगों की कोताही सामने आई है उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी का सामुदायिक संकमण हो चुका है लेकिन अब मामलों में धीरे धीरे कमी आ रही है राकेश पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि प्रदेश सरकार विलुप्त हो रहे बर्फानी तेंदुए के संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत है

आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रदेश के किसानों से अपील की है कि ये प्राकृतिक खेती अपनाकर देवभूमि को दूषित होने से बचाए आचार्य देवव्रत आज सोलन में कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्राकृतिक खेती युवा किसान कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सार्थक प्रयास कर रही है कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास कर रही है इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान भी किया गया है उन्होंने प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों से प्राकृतिक खेती से जुड़ने का आग्रह किया इस मौके पर पहुंचे किसानों ने कहा कि कार्यशाला में भाग लेकर उनकी अनेक शंकाओं का समाधान हुआ है सरवीण चौधरी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के कमजोर उपेक्षित और पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रति सजग है

गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने अभी तक स्कूलों को पूरी तरह से खोलने के आदेश नहीं दिए हैं और केवल दसवीं व जमा दो के विद्यार्थियों को ही स्कूल आने को कहा गया है गोविंद ठाक्र ने आज कृल्लू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अभी केवल बड़ी कक्षाओं को चरणबद्व तरीके से शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं जबकि छोटी कक्षाओं को शुरू करने में अभी समय लगेगा

उन्होंने बाद में कुल्लू में ही जन समस्यां भी सुनी और लोगों से कोरोना से बचाव के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की महेन्द्र सिंह जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेशवासियों को अगले एक साल के भीतर चौबीसों घंटे पानी की आपूर्ति उपलब्ध करवा दी जाएगी जलशक्ति मंत्री आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के शेरपुर में उठाऊ पेयजल परियोजना और वनविमाग के विश्राम गृह के शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने युवाओं से स्वावलंबन की ओर बढ़ने का आहवान किया महेंद्र सिंह ने कहा कि इससे युवा नौकरियों के पीछे नहीं भागेंगे और कृषि व बागवानी क्षेत्र में मौजूद रोजगार की अपार संभावनाओं का फायदा उठा सकेंगे राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार को कोरोना से जूझ रहे लोगों की कोई चिंता नहीं है राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कोरोना महामारी के कारण लोगों की आर्थिकी बुरी तरह प्रभावित हुई है

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भाजपा के कार्यालय बनाने से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन पार्टी अपने आय के च्रोत को सार्यजनिक करें राठौर ने सरकार पर टैक्स लगाकर अपना खजाना भरने का आरोप भी लगाया उन्होंने कंडक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के लिए भी सरकार को जिम्मेवार ठहराया और कहा कि जयराम ठाकुर सरकार में घोटालों की भरमार है लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है

इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे दुर्घटना चंबा तीसा सड़क पर आज कलहेल नामक स्थान पर एक कार के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त होने से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई दुर्घटना के बाद कार में आग लग गई जिससे यह जलकर राख हो गई दुर्घटना के मृतकों में मां बेटा शामिल है दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे तथा शवों को खाई से निकाला

नवरात्र महोत्सव श्री श्री संस्कार केन्द्र हिमाचल जोन द्वारा ऑनलाईन नवरात्र महोत्सव मनाया गया